विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के माध्यम से स्वां में अवैध खनन का मामला उठाया

उन्होंने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री से भी उठाया गया है और स्थानीय लोगों ने डीजीपी व एसपी को पत्र लिखे हैं इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है

बिक्रम ठाकुर ने माना कि स्वां में अवैध खनन हो रहा है लेकिन ये बीते दो सालों से ही नहीं हो रहा है और ये समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खनन माफिया को कतई छूट नहीं दी जाएगी और सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बात की है मुख्यमंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स के आधार पर भर्तियां करने पर पुनर्विचार करेगी उन्होंने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियों में काफी खामियां पाई गई हैं विधायक रामलाल ठाकुर और राकेश सिंघा द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमांड आरट्रैक का दौरा किया इस अवसर पर लैफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ स्टॉफ अतुल्य सोलंकी ने राज्यपाल को सामरिक रणनीति और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और देशवासियों को सैनिकों पर गर्व है राज्यपाल ने सेना द्वारा समरहिल में स्थापित किए गए वेस्ट पेपर रिसाईकिल प्लांट और सेना के व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा भी किया मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रूक रूक कर हिमपात जबकि अन्य इलाकों में वर्षा से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है लाहौल स्पिति जिले में सुबह से ही हिमपात हो रहा है जिससे कई अंदरूनी सड़कें अवरूद्व हैं और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फबारी से जहां उनकी मुश्किलें बढ़ गई है वहीं किसान व बागवान इससे खुश हैं उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी व भरमौर सहित खजियार में हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा का कम जारी है किन्नौर जिले के उंचाई वाले इलाकों में भी सुबह से ही बर्फबारी हो रही है मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और उपायुक्त गोपाल चंद ने लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है